पंद्रहवीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्लो ने कहा कि इस हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ है जिसका सरगना पाकिस्तान में हैं उन्होंने कहा कि हमले की पूरी कार्रवाई पाकिस्तान से नियंत्रित की जा रही थी जिसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आई एस आई का पूरा संरक्षण प्राप्त था लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने संयुक्त रुप से जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवाद कामरान पर हमला कर उसे ढेर कर दिया उन्होंने बताया कि कामरान ने हमले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है उन्होंने बताया कि सी आर पी एफ के घायल जवान स्वस्थ हो रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महिला तथा बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में नागरिक सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं इनमें सोलह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सहायता शामिल हैं

सभी राज्यों को इसके लिए एक आपात उपाय केंद्र ईआरसी की स्थापना करनी होगी कोई भी नागरिक अपने स्मार्ट फोन पर तीन बार लगाताडर फोन में की पैड पर पांच या नौ बटन को लंबे समय तक दबा कर यह प्रणाली सक्रिय की जा सकती है गृह मंत्री ने दो पोर्टल का भी उद्घाटन किया ये हैं यौन अपराधों के लिए जांच निगरानी प्रणाली और सुरक्षित शहर निगरानी पोर्टल मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कल तवांग में जिला उपायुक्त कार्यालय के लिए पचास किलों वाट की सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित किए है और दूर दराज के गांवों में ग्रिड बिजली कनेक्शन लाने के लिए चरणबद्ध आधार पर काम चल रहा है सरकार आपके द्वार शिविर के माध्यम से आंतरिक गांवों को सेवाए प्रदान करने के लिए तवांग जिला प्रशासन की सराहना करते हुए श्री खांडू ने बताया कि राज्य सरकार जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर की स्थापना पर कार्य कर रही है राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा और मूख्यमंत्री पेमा खांड् ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य वासियों को शुभकामनाए दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में राज्य में शांति मेलजोल बनाए रखने सामाजिक आर्थिक प्रगति और पर्यावरण एवं अपने आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देने के लिए राज्यवासियों का आभार व्यक्त किया श्री मिश्रा में लोगों से आगामी चुनाव में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की राज्यपाल ने लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता मिशन से जुड़ने और स्वच्छता स्वस्थ और हरित भारत की दिशा की ओर आगे बढ़कर गांधी जी को सच्ची श्रद्दाजंलि देने का आह्वान किया उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल ईस्ट सियांग जिले के मेबो सब डिविजन में एक खेल के मैदान का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना का भी शुभारंभ किया जन सभा को संबोधित करते हुए श्री मेन ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना इन्ही में से एक है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक गांव को अपनाया जाता है और उसे एक मॉडल गांव के रुप में विकसित किया जाता है श्री मेन ने बताया कि होलोंगी में हवाई अड़डा बन जाने के बाद सभी जिला मुख्यालय को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा मुख्य चूनाव अधिकारी कालिंग तायेंग ने कहा कि चूनाव के दौरान मुद्रा संस्कृति सबसे खड़ी चूनौती है राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कल अरुणाचल प्रदेश में नाग़रिक एवं चुनाव विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान उन्होंने यह बात कही राज्य में चुनाव कराने में चुनौतियों की जानकारी देते हुए श्री तायेंग ने बताया कि कैसे आधार कार्ड को इलेक्टोरल फोटो पहचान कार्ड के साथ जोड़ने से चुनाव के दौरान हिंसा कम होती है कार्यशाला का आयोजन राजीव गांधी विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा मुख्य निर्वाचन कार्यालय के सहयोग से किया गया था तवांग जिले में भारी बर्फबारी से जन जीवन प्रभावित हुआ है पिछले तीन दिनों के दौरान भारी बर्फबारी से जिले के जसवंतगढ़ और सेला के बीच सड़क मार्ग अवरुध हो गया सीमा सड़क संगठन बी आर ओ ने सड़क से बर्फ हटाने के लिए स्नोकटर वाहनो को लगाया गया है